समझा जाता है कि कैबिनेट की बैठक में शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग के अलावा तकनीकी शिक्षा व उद्योगों से ज़ुड़े कुछ प्रस्तावों पर चर्चा होने की सम्भावना है इसके अलावा विभिन्न विभागों में नए पदों पर भर्तियों की भी मंजूरी मिल सकती है

उपायुक्त ललित जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री पांवटा साहिब में यमुना शरद महोत्सव का भी श्भारम्भ करेंगे इस बीच मुख्यमंत्री का शिलाई और पांवटा साहिब के खोड़ोवाला में जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है आय्ष्मान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि एक महीने के भीतर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना के तहत गंभीर रूप से बीमार एक लाख लाभार्थियों ने देशभर के अस्पतालों में चिकित्सा सुविधायें प्राप्त की हैं

कुल्लू दशहरा कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा की तीसरी सांस्कृतिक संध्या में कल पंजाबी गायक जस्सी गिल और बब्बल राय ने जहां पंजाबी गानों से मनमोहक प्रस्तुति दी वहीं हास्य कलाकार राजीव ने भी दर्शकों का खूब मनोरंजन किया नेपाल गुजरात सहित प्रदेश के स्थानीय सांस्कृतक दलों ने भी अपनी प्रस्तुतियों से लोक संस्कृति का प्रदर्शन किया कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि आज शाम अशित त्रिपाठी और सचिता भट्टाचार्य अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचारपत्रों ने मुख्यमंत्री के बयान को प्रमुखता दी है अमर उजाला मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है नशे से हो रहे दुष्प्रभावों को स्कूली पाठ्यक्रम में करेंगे शामिल दैनिक जागरण की सुर्खी है स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे नशे के खिलाफ पाठ पंजाब केसरी का शीर्षक है कम मात्रा में मादक पदार्थ पकड़े जाने पर भी अब जमानत नहीं आपका फैसला और अजीत समाचार के लगभग एक जैसे शब्द हैं नशे के दुष्प्रभावों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करेगी सरकार फिलहाल नहीं बदलेगा शिमला का नाम शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया साफ जनता की इच्छा पर ही लिया जाएगा कोई फैसला कैबिनेट बैठक में आज कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफा अमर उजाला की एक खबर है हिमाचल दस्तक के अनुसार एसएमसी भर्ती नियम ढीले करने पर आज फैसला लेगी कैबिनेट दिव्य हिमाचल की एक खबर है शिक्षा का अधिकार अधिनियम में पनिशमेंट पर रोक

दो फूड सेफ्टी अधिकारी कैसे रोकेंगे हिमाचल में खाद्यान्नों की मिलावट शीर्षक से दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है सूबे में मिलावटी मिठाइयों पर अंकुश लगाना टेढ़ी खीर

अजीत समाचार ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत के हवाले से सुर्खी दी है देश की आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस बल का महत्वपूर्ण योगदान अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय कितना शिमला कितना श्यामला में लिखा है मसला शिमला को श्यामला बनाकर हल शायद नहीं होगा क्योंकि अगर पत्थर उखाड़े गए तो न जाने कितने और शहर और कस्बे बदल जाएंगे दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय में लिखता है नशा तस्करी रोकने की कोशिश निश्चित तौर पर प्रदेश की युवा पीढ़ी को सही राह पर लाने में मदद करेगी जरूरी है कि लोग भी जिम्मेदार बनें शीर्षक है नशे पर सख्ती हिमाचल दस्तक ने अपने सम्पादकीय सड़क हादसों पर मंथन जरूरी में लिखा है कि अगर सड़कों की हालत सुधारने के साथ साथ यातायात के नियमों का पालन किया जाए तो काफी हद तक सड़क हादसों को रोका जा सकता है